प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान समूचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन अभियान का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में तीन सुधारों की सराहना की है उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं कनाडा में कल इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप कारोबार करना आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है वर्ष दो हजार उन्नीस के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कम्पनी अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत कृछ गतिविधियों को अपराध की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों में छूट देने कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वप्रर्ण बदलावों के जरिए कई सुधार किए गए हैं श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान देश दवाओं के केंद्र के रूप में उभरा और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके दूनिया के एक सौ पचास से अधिक देशों को सहायता उपलब्ध कराई प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में सबके लिए अवसर मौजूद हैं देश के बारे में हर किसी के नजरिए और धारणा में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में वे समी आवश्यक और महत्वपूर्ण खूबियां हैं जो निवेश आकर्षित करने के लिए होनी चाहिए उन्होंने कहा कि देश में गतिशील लोकतंत्र सरकार की स्थिरता व्यवसाय में पारदर्शिता और विशाल बाजार की उपलब्धता सभी निवेशकों के लिए लाभप्रद परिणाम सुनिश्चित करते हैं उन्होंने कहा कि लगभग चालिस करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाम अंतरण योजना से फायदाहुआ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए आवश्यक सुधार के कारण यह संभव हुआ भारत के लचीलेपन का उल्लेख करते हुएश्री मोदी ने कहा कि देश ऐसे समय समाधानों की भूमि के रूप में उभरा जब पूरी दुनिया महामारी के दुष्प्रभावों से जूझ रही थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समूचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन अभियान का श्मारम्भ किया आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाये रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से प्रसारित पिछले मन की बात कार्यक्रम में लोगों को मास्क पहनने की याद दिलाई थी

मास्क अवश्य रखेँ फ़ेस कवर के बिना बाहर न जाएं दो गज की दूरी का नियम आपको को भी बचा सकता है आपके परिवार को भी बचा सकताहै ये कुछ नियम हैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार है हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है और हम न भूले जब तक दवाई नहींतब तक ढिलाई नहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जायेगा जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं हैतो सुरक्षा कवच के त्री सूत्र ही हैं मास्क सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना ये तीन सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्री सूत्री बचाव है के बारे में जन्यादोलन शुरू होगा लोगों के संपर्क के सभीठिकानों पर बैनर पोस्टर स्टीकर्स लगेंगे जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं ऐसे सभी जगह ये एक जनचेतना की मुहिम चलेगी सोशल मीडिया में भी कैंपिन चलेगी पूरेदेश की सभी संस्था समाज के मान्यवर लोगऔर बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लोगों से कोविड के खिलाफ लडाई में एकजुट होने का आह्वान किया श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र सामूहिक संकल्प और अनुशासन के जरिये कोविड को हराने के लिए एकजुट है

गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन में सभी से सहभागिता करने की अपील की है श्री शाह ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ तभी लडाई जीती जा सकती है जब सभी देशवासी एकजुट रहें

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जन भागीदारी के साथ कोरोना की लड़ाई के खिलाफ मजबृती मिलेगी इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री की अगुआई में विभिन्न मंत्रियों और और अधिकारियों को जन जागरूकता संकल्प दिलाया गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाजियाबाद के मोदी नगर में आईनोक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया इस संयंत्र में प्रतिदिन एक सौ पचास टन उत्पादन की क्षमता है

मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से गोरखपुर के लिए एक सौ बाईस करोड़ रूपये की एक सौ सतहत्तर विकास योजनाओं का शिलान्यास किया

वह चौहत्तर वर्ष के थे लोकजनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य खादय तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पासवान के इदय का एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था वह लोकसभा के लिए आठ बार चुने गये थे गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज झुकें रहेंगे अंतिम संस्कार के दिन संस्कार के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई बड़े गण्यमान्य व्यक्तियों ने श्री पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया हैं श्री कोविंद ने कहा कि श्री पासवान के निधन से देश ने एक द्रदर्शी नेता खो दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें श्री पासवान के निधन से गहरा दुख पहुंचा है उनके निधन से राष्ट्र में एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया है जिसे भरा नहीं जा सकता गृहमंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्री पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है प्रदेश में सात विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उप निर्वाचन की आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन की प्रकिया शुरू जायेगी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन समी सीटों पर तीन नवम्बर को मतदान कराया जायेगा जिन सीटों पर चुनाव होना है वे है अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात बुलन्दशहर जनपद की बुलन्दशहर फिरोजाबाद की टूंडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मलहन सीट इनमें से टूंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार सोलह अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी सत्रह अक्टूबर को पर्चो की जांच होगी और उन्नीस अक्टूबर तक पर्चे वापस लिये जा सकेंगे कार्यक्रम को अनुसार तीन नवम्बर को सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जायेगा और दस नवम्बर को मतगणना होगी